प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित ग्यारह और नए मरीजों की हुई पुष्टि चार राजनांदगांव तीन जांजगीर चांपा और बस्तर बालोद सरगुजा तथा रायपुर में एक एक मरीज मिले राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आगामी आदेश तक अंतर्राज्यीय यात्री वाहन के परिचालन को स्थगित कर दिया है

किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ आज वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी की उपस्थिति में किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ इस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली पांच हजार सात सौ पचास करोड़ रूपये की राशि में से प्रथम किश्त के रूप में पंद्रह सौ करोड़ रूपये की राशि अंतरित की इस मौके पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीब आदिवासी किसानों की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है इससे लोगों के जीवन में बदलाव आएगा सांसद राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिन्होंने कोरोना संकट की इस घड़ी में किसानों को मदद पहुंचाने के लिए उनके खातों में सीधे राशि दी है उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री सहित उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों और राज्य की जनता को बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से राज्य सरकार किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को न सिर्फ सम्मान से जीने का अवसर उपलब्ध कराएगी बल्कि गरीबी का कलंक मिटाने में भी सफल होगी गौरतलब है कि इस योजना से प्रदेश के उन्नीस लाख किसानों को लाभ मिलेगा योजना में धान मक्का सोयाबीन मूंगफली तिल अरहर मूंग उड़द कुत्थी रामतिल कोदो कुटकी और रबी में गन्ना फसल को शामिल किया गया है राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि अनुदान लेने वाला किसान यदि बीते वर्ष धान की फसल लेता है और इस साल धान के स्थान पर योजना में शामिल अन्य फसल लेता है तो ऐसी स्थिति में उसे प्रति एकड़ अतिरिक्त सहायता दी जाएगी

इनमें से चार राजनांदगांव तीन जांजगीर चांपा और बस्तर बालोद सरगुजा तथा रायपुर में एक एक मरीज मिले हैं इन्हें मिलाकर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों मरीजों की संख्या बढ़कर अब एक सौ छब्बीस हो गई है फिलहाल सड़सठ मरीजों का इलाज चल रहा है वहीं उनसठ मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी को मुताबिक राजनांदगांव जिले में आज कोरोना के चार नए मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें से तीन मरीज ग्राम ईरा और एक डोंगरगांव ब्लॉक के ग्राम जंतर का है सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि सभी मरीज प्रवासी मजदूर हैं और महाराष्ट्र से आए हैं इन सभी को क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था अब उन्हें कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए बनाए गए पेण्ड्री स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं जांजगीर चांपा जिले में एक महिला सहित तीन नए कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले हैं ये सभी मरीज जेठा क्वारेंटाइन सेंटर में थे तीनों मजदूर महाराष्ट्र के नागपुर से आए थे कलेक्टर जेपी पाठक ने बताया कि सभी मजदूरों की ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जा रही है तीनों मरीजों को इलाज के लिए रायपुर के माना स्थित कोविड अस्पताल भेजा गया है इधर बस्तर संभाग में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है कलेक्टर डॉक्टर अय्याज तंबोली ने बताया कि संक्रमित मरीज कांकेर जिले का रहने वाला है और वह प्रवासी मजदूर है कुछ दिनों पहले ही वह मुंबई से लौटा था

पिछले तीन दिनों में सरगुजा में यह तीसरा मामला है सीएमओ डॉक्टर पीएस सिसोदिया ने बताया कि यह छात्र सोलह मई को प्रयाग से लौटने के बाद अपने घर पर ही होम आईसोलेशन में था जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आने के बाद पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है वहीं बालोद जिले में मिला कोरोना संक्रमित मरीज मुंबई से लोटा था और क्वारेंटाइन में था उसे एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया है जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर चौदह हो गई है इधर राजधानी रायपुर के सड्ढू इलाके में एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला है इस युवक का राजधानी स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा था कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है इस बीच बिलासपुर जिले में बीती रात पांच कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे इसके बाद तखतपुर को पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है वहीं तखतपुर तहसील के ढनढन करनकापा और मस्तुरी के निमतरा गांव तथा उसके चारों ओर के क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है

राज्य परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष डॉक्टर कमलप्रीत सिंह द्वारा जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि छत्तीसगढ़ के मध्य संचालित यात्री वाहनों को राज्य के लिए प्रवेश की अनुमति आगामी आदेश तक स्थगित रखा जाए सहायक परिवहन आयुक्त शैलाभ साहू ने बताया कि इसके लिए पड़ोसी राज्यों मध्यप्रदेश ओडिशा झारखंड बिहार आंध्रप्रदेश उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्तों को पत्र जारी कर सूचित कर दिया गया है उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से अनुमति प्राप्त बसों द्वारा कोरोना संकट के दौरान मजदूरों छात्रों और अन्य व्यक्तियों के आवागमन के लिए राज्य के अंदर और अंतर्राज्यीय परिवहन जारी रहेगा श्रमिक वापसी गोवा से पांच सौ बासठ मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज सुबह रायगढ़ पहुंची इस ट्रेन में रायगढ़ और जशपुर जिले के चार सौ बहत्तर तथा अंबिकापुर और सूरजपुर जिले के नब्बे श्रमिक शामिल थे जिला प्रशासन पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम स्टेशन पर मौजूद थी श्रमिकों को डिब्बों से उतारने के बाद उनकी स्क्रीनिंग की गई बाद में उन्हें बसों से उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया गया जहां उन्हें क्वारेंटाइन सेंटर में रखा जाएगा वहीं रायगढ़ के श्रमिकों का स्टेशन पर ही रैपिड टेस्ट किट से जांच की गई जिसके बाद उन्हें क्वारेंटाइन सेंटर भेजा गया

आज अपने ट्वीट संदेशों में उन्होंने कहा कि यात्रा करने के इच्छुक लोगों को ऐसे एजेन्टों की शिकायत टेलीफोन नंबर एक तीन आठ पर करनी चाहिए श्री गोयल ने कहा कि रेलवे ने एक जून से दो सौ रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है जिनकी बुकिंग आज सुबह दस बजे से शुरू हो गई है उन्होंने कहा कि एक मई को चार रेलगाड़ियां चलाई गई थीं जिनसे लगभग पांच लाख प्रवासी कामगारों को घर पहुंचाया गया वहीं रेल मंत्री ने यह भी कहा है कि देश में कॉमन सर्विस सेंटरों पर ट्रेन टिकटों की बुकिंग कल से बहाल हो जाएगी कॉमन सर्विस सेंटर उन स्थानों पर होते हैं जहां कम्प्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता बहुत कम है या नहीं है अगले दो तीन दिनों में कुछ चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर जाकर यात्री रिजर्वेशन करा सकेंगे

इसके अलावा रायगढ़ गोंदिया रायगढ़ जनशताब्दी ट्रेन भी अपने पूर्व निर्धारित समय पर चलेगी यह जानकारी आज एक पत्रकारवार्ता में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने दी उन्होंने बताया कि रेलवे ने जिन सौ यात्री ट्रेनों की सूची जारी की है उनका परिचालन एक जून से होगा इनमें दुरंतो संपर्क क्रांति जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी शामिल हैं उन्होंने कहा कि सभी ट्रेनों में एसी और गैर एसी दोनों तरह के कोच होंगे जो पूरी तरह से आरक्षित होंगे साथ ही सामान्य श्रेणी में भी सीटें आरक्षित होंगी इन ट्रेनों का किराया सामान्य होगा उन्होंने यह भी बताया कि इन ट्रेनों के लिए कोई अनारक्षित टिकट जारी नहीं किए जाएंगे घरेलू उड़ान दिशा निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों की घरेलू विमान यात्रा सुगम बनाने के लिए पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है मंत्रालय ने बताया है कि घरेलू हवाई यात्रा के यात्रियों के आवागमन को प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची से हटा दिया गया है हवाई अड्डों के संचालन और यात्रियों के आवागमन के बारे में नागर विमानन मंत्रालय विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल घोषणा की कि घरेलू उड़ानों का संचालन पच्चीस मई से चरणबद्ध रूप से बहाल किया जाएगा उन्होंने बताया कि सभी हवाई अड्डे सोमवार से उड़ानों के संचालन के लिए तैयार रहें यात्रियों के आवागमन के लिए नागर विमानन मंत्रालय अलग से मानव संचालन प्रक्रिया के नियम जारी कर रहा है मजदूर अनाज आवंटन केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न शहरों में रह रहे और रास्तों में फंसे हुए करीब आठ करोड़ प्रवासियों को केन्द्रीय पूल से अनाज के आवंटन की पिछली तारीख से मंजूरी दे दी है इसके अंतर्गत प्रवासियों को मई और जून के महीनों में प्रति व्यक्ति पांच पांच किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाएगा इस आवंटन से कोरोना वायरस की वजह से शहरों के प्रवासियों और रास्तों में फंसे प्रवासियों की समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी महिला कर्मचारी छूट केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने गर्भवती महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी है प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री और कार्मिक तथा प्रशिक्षण राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने बताया कि इससे संबंधित परिपत्र जारी कर दिया गया है और उम्मीद है कि विभिन्न मंत्रालय विभाग और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारें इसका पालन करेंगी उन्होंने कहा कि जो महिलाएं पहले से ही मातृत्व अवकाश पर नहीं है उन्हें भी कार्यालय आने से छूट रहेगी दिव्यांग कर्मचारियों को भी इसी तरह की छूट दी गई है डॉक्टर सिंह ने कहा कि अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए विभाग प्रमुखों को कार्यालय आने के लिए तीन चरण के समय तय करने की सलाह दी गई है ये समय होंगे सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक और सुबह दस बजे से शाम साढ़े छह बजे तक कोरोना वक्फ बोर्ड बैठक छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी मुसलमान शबे कद्र अलविदा जुमा और ईद उल फितर की नमाज अपने अपने घरों में ही अदा करेंगे ताकि लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन हो सकें कल रायपुर में ईमाम और मुतवल्लियों के साथ हुई बैठक में ईद उल फितर की नमाज के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई बैठक में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रिजवी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को वैश्विक महामारी घोषित की गई है इसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए कोन्द्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है

इस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है छत्तीसगढ़ में भी आज स्वर्गीय राजीव गांधी को भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की गई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास मे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ स्वर्गीय राजीव गांधी के तैलचित्र पर श्रद्वासुमन अर्पित किए इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने आतंकवाद और हिंसा का डटकर मुकाबला करने की शपथ ली आज सभी केंद्रीय कार्यालयों में भी आतंकवाद विरोधी शपथ ली गई

इनमें से एक माओवादी पर आठ लाख रूपये का इनाम घोषित था जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम बांगापाल थाना क्षेत्र से तलाशी अभियान पर निकली थी इसी दौरान नेलगुड़ा के जंगल में पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवाबी कार्रवाई में जवानों ने दो माओवादियों को मार गिराया इनमें से एक रिशु इस्लाम जो प्लाटून नंबर सोलह का डिप्टी कमांडर था वहीं दूसरा माओवादी माटा पीडियाकोट जनमिलिशिया कमांडर था मौके से सुरक्षा बलों ने दो भरमार बंदूक बरामद किए हैं कोरोना विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर का प्रादेशिक समाचार एकांश कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है कोरोना से जंग जनता के संग नाम के इस विशेष कार्यक्रम की पंद्रहवीं कड़ी कल सुबह साढ़े दस बजे से प्रसारित की जाएगी इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र सुबह साढ़े दस बजे एक साथ रिले करेंगे कल प्रसारित होने वाली कड़ी में राज्य के गृह और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू का साक्षात्कार प्रसारित किया जाएगा संक्षिप्त समाचार केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कल देश के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से अपने विचार प्रकट करेंगे

इसका उद्देश्य देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों से जुड़ना है बेमेतरा जिले में साजा ब्लॉक के ग्राम सेमरिया में क्वारेंटाइन सेंटर में एक मजदूर की मौत हो गई फिलहाल मजदूर की मौत किन कारणों से हुई है उसका पता नहीं चल पाया है मृतक का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है इसी तरह जांजगीर चांपा जिले के ग्राम मुलमुला में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में भी बीती रात एक मजदूर की मौत हो गई

बेमेतरा जिले में नांदघाट थाना क्षेत्र के ग्राम टेमरी के पास बस और ट्रक के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में बस चालक सहित दो लोगों की मौत हो गई वहीं आठ अन्य लोग घायल हो गए हैं बीजापुर जिले में पामालवाय से चेरपाल के बीच ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलटने से एक युवक की मौत हो गई वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया है राजनांदगांव जिले में डोंगरगांव के पास एक ट्रक चालक की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है